बिहार में कठोर शर्तों के साथ सरकारी कार्यालयों में आज से कामकाज शुरू

वज्रपात की घटनाओं में आठ लोगों की मौत केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस से असंक्रमित क्षेत्रों में आज से कुछ सेवाओं में छूट दी जा रही है ये सेवाएं उन क्षेत्रों में ही प्राप्त होगी जिन्हें सरकार ने अधिसूचित किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा तीन मई तक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के अवधि बढ़ाने के संदर्भ में निर्देशों की एक श्रंखला जारी की गयी है जिससे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा सके बाईट खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाए और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के समी कार्यालय खुले रहेंगे

हॉट स्पॉट घोषित किए गए इलाकों में यह छूट लागू नहीं होगी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन कम आय वाले लोगों और किसानों की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने कहा है कि जिन क्षेत्रों को कोविड उन्नीस का हॉट स्पॉट घोषित नहीं किया गया है वहां आज से कुछ और सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाएगी मछली पालन मछली और मछली उत्पादों की आवाजाही तथा इस काम में लगे लोगों की गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण कोयला उत्पादन खान और खनिज उत्पादन पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाले कारखानों को भी काम करने की अनुमति होगी प्रदेश में लॉकडाउन के बीच आज से सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित रहेगी और नई गाईडलाईन के अनुरूप ही इन कार्यालयों में कामकाज होंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रूप ए और ग्रूप बी के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी जबकि ग्रुप सी डी और संविदा पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या के तैंतीस प्रतिशत कर्मचारी काम पर आयेंगे ट्रेन से आने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए छूट तीन मई तक जारी रहेगी प्रदेश में आज से रोजगार और कृषि से जुड़े कार्यों में छूट दी जा रही है इस संबंध में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गयी है इसके अलावा सेनेटाइजेशन की भी हर जगह पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है हाई वे पर स्थित होटल ढाबे और मोटर मैकेनिकों के गैराजों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है लेकिन उन्हें इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी किराना दवा और जरूरी सामानों की दुकानों को भी छूट की श्रेणी में रखा गया है हालांकि जिन इलाकों को कोविड महामारी के चलते अतिसंवेदनशील या हॉटस्पॉट घोषित किया गया है वहां लॉकडाउन में कोई छूट नहीं होगी संक्रमण के ऐसे इलाकों को सील कर दिया गया है इधर पूर्व अनुमति के आधार पर आज से जमीन की रजिस्ट्री का काम शुरू हो रहा है रजिस्ट्री से पहले व्यक्ति को ऑनलाईन अनुमति लेनी होगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान भी आज से खूलेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार जरूरी सेवाओं के शुरू होने मालवाहक वाहनों के साथ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही को लेकर प्रलिस को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है पुलिस कर्मियों को हर चौक चौराहे पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिये गये हैं कल से राज्य में उद्योगों को फिर से चालू किया जायेगा केन्द्र के दिशा निर्देश के अनुसार सिर्फ वही उद्योग खोले जायेंगे जो औद्योगिक क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण इलाकों में स्थित है इसके अन्तर्गत बिहार में लगभग तीन हजार औद्योगिक इकाईयों को फिर से चालू करने की तैयारी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हो जायेंगी बाईट जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा प्रोसेसिंग तक उसके बाद खुलेगा कल से दुग्ध जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा है कस्ट्रक्शन जहां कस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉम पालन करके वो भी शुरू होगा इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रीयल स्टे्टस है और इंडस्ट्रीयल शेड्स हैं ऐसी जगह भी काम शुरू होगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है ऐसे श्रमिकों के लिए राहत शिविरों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है राज्यों से उनके क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है बाईट राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अव जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी की कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए यदि सामुदायिक परीक्षण के जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर छियानवे हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के दस नये मामले सामने आये हैं नालंदा से चार मुंगेर से तीन बक्सर से दो और भोजपुर जिले से एक नया मामला सामने आया है इन सभी संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही उनके बारे में अन्य जानकारियां इकट्टा की जा रही हैं इधर राज्यभर में इलाज के बाद कोविड उन्नीस महामारी से पैंतालीस लोग स्वस्थ हो गये हैं इधर देश में अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के सत्रह हजार दो सौ पैंसठ मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से दो हजार पांच सौ सैंतालीस रोगी ठीक हो गए हैं जबकि पांच सौ तैंतालीस लोगों की मौत हो गई है सरकार ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया है

इसमें डॉक्टरों के अलावा नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय युवा केन्द्र एनसीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्वयंसेवक तथा पूर्व सैन्य कर्मी शामिल हैं राज्य जिला या नगर निगम प्रशासन जरूरत के समय इनका सहयोग ले सकेगा कोविड उन्नीस लॉकडाउन के दौरान सोलह करोड एक लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये छत्तीस हजार छह सौ उनसठ करोड़ रूपये भेजे गये हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से यह सुनिश्चित किया गया है कि नकद लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और प्रणाली में सुधार हो

इन योजनाओं में पीएम किसान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री मातू वंदना योजना के अलावा अन्य योजना शामिल हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी डीबीडी के माध्यम से लोगों के खाते में राशि जमा कराई गई इसके अलावा जनधन खाताधारक महिलाओं के खाते में भी पांच सौ रूपये जमा किए गए

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार लॉकडाउन के दौरान किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में मिले दो हजार रुपये की राशि से विशेष सहायता मिली है लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के प्रति सरकार का आभार जताया है

वे बिहार झारखंड उत्तराखंड ओडिशा छत्तीसगढ और तेलंगाना के पार्टी नेताओं से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत कर रहे थे सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि कालाबाजारी के आरोप में अब तक जन वितरण प्रणाली के एक सौ इक्यावन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन्होंने कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग टीम का गठन किया है और इसी टीम ने कार्रवाई की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय जन जीवन हरियाली और मनरेगा के तहत जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी लाई जा रही है उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रभावित जिलों में घर घर चल रहे सर्वे के कार्यों में तेजी लाया जाए श्री कुमार ने कहा कि अब तक तैंतीस लाख छियासी हजार घरों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है इसके अन्तर्गत पौने दो करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से जन जीवन प्रभावित हुआ है दरभंगा सीतामढ़ी और पूर्णियां से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जिले के विभिन्न इलाकों में कल रात से ही तेज बारिश हुई है बारिश से खेत में गेहूँ की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं कटिहार जिले में आंधी और बारिश के कारण मक्के और आम की फसल को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है इधर वज्रपात से विभिन्न जिलों में आठ लोगों की मौत हो गयी है जबकि एक अन्य व्यक्ति झुलस गया सीवान और गोपालगंज जिले में दो दो नालंदा जहानाबाद गया और रोहतास जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृत व्यक्तियों के परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में वैशाली जिले के रसूलपुर गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान राजीव शर्मा के शहीद होने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण और उससे निपटने के कोन्द्र और राज्य सरकार के निर्णयों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रधानमंत्री के आलेख को सुर्खी बनाते हुये दैनिक भास्कर लिखता है कोरोना ने पेशेवर जिंदगी बदल दी है घर अब दफ्तर और इंटरनेट ही मीटिंग रूम बन गया है लॉकडाउन में आज से सशर्त छूट को सुर्खी बनाते हुये हिन्दुस्तान अखबार लिखता है बिहार में आज से शुरू हो जायेंगे कई तरह के काम दैनिक जागरण ने नालंदा जिले से आयी रिपोर्ट पर सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है नालंदा में डॉक्टर कोरोना संक्रमित डीएम एसपी और सीएस होम क्वारेंटाइन वहीं प्रभात खबर ने उस खबर को सुर्खी बनाया है जिसमें पहले कोविड उन्नीस से मृत्यु की पुष्टि की गयी थी इसका शीर्षक है मरने के बाद वैशाली के कोरोना पॉजिटिव युवक की जांच रिपोर्ट आई निगेटिव

बिहार में कठोर शर्तों के साथ सरकारी कार्यालयों में आज से कामकाज शुरू

वज्रपात की घटनाओं में आठ लोगों की मौत